पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ओली आज करेंगे भारत नेपाल पाईपलाईन की शुरूआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के संपूर्ण विकास के लिये प्रतिबद्ध है श्री मोदी भाजपा के अड़तीसवें स्थापना दिवस के अवसर पर देशभर में पांच लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर रहे थे इसी कड़ी में सारण जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुये श्री मोदी ने राज्य के विकास में उनके सक्रिय सहयोग की सराहना भी की प्रधानमंत्री ने सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की प्रशंसा की और कहा कि उनके नेतृत्व में जिले के लोग संकल्प शक्ति के साथ राज्य और देश के विकास के लिये कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली आज नई दिल्ली में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज पाईपलाईन परियोजना की शुरूआत करेंगे इंडियन ऑयल और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन की इस संयुक्त परियोजना के लिये आज भूमि पूजन किया जायेगा इस पाईपलाईन परियोजना के माध्यम से मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच प्रति वर्ष दो मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति की जायेगी केंद्रीय लघू सूक्ष्म और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार देश भर के आठ सौं गांवों में प्रतिवर्ष चार लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉच किया है जिसके माध्यम से देशभर में चार हजार खादी की दुकानों का पूरा ब्योरा उपलब्ध हो सकेगा राज्य सरकार ने बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के तहत चार सड़क परियोजनाओं के लिये एक हजार चार सौ इक्यासी करोड़ रूपये की मंजूरी दी है कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार ने बताया कि एक अन्य फैसले में बिहार प्रशासनिक सेवा कैडर में चार सौ पचासी पद बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है वहीं सरकारी नौकरियों के लिये बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा की फीस में छात्राओं को पहचत्तर प्रतिशत की छूट देने का भी नीतिगत निर्णय लिया गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने राज्यभर में खराब पड़े पैंसठ हजार हैंडपंपों की तुरंत मरम्मती का निर्देश दिया है विभाग की ओर से हैंडपंप की मरम्मत के लिये प्रत्येक जिले में मोबाईल टीम लगायी गयी है श्री झा ने कहा कि गर्मी के दिनों में पेयजल संकट की चुनौती से निपटने के लिये विभाग ने व्यापक तैयारी की है उन्होंने कहा कि पेयजल संकट की सूचना मिलने पर प्रभावित गांव और टोले में वाटर टैंको से जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय आज पटना में टीबी की जांच के लिये मोबाईल डायग्नोस्टिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस वैन के जरिये राज्यभर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में टीबी की जांच ऑन द स्पॉट की जा सकेगी और संभावित टीबी मरीजों को जांच केंद्र तक जाने की परेशानी से छुटकारा मिल जायेगा रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली में कई बदलाव किये हैं इसके अंतर्गत अब तत्काल श्रेणी में एक पहचान पत्र से लॉगिन करने पर एक बार में एक ही टिकट की बुकिंग हो सकेगी दूसरी टिकट के लिये फिर से लॉगिन करनी होगी रेलवे सूत्रों ने बताया कि एक लॉगिन से एक दिन में दो टिकट और एक महीने में छह टिकट से अधिक की बुकिंग नहीं की जा सकेगी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अब ऑनलाईन आरक्षण पर्ची भरने के लिये प्रति यात्री पच्चीस सेकेंड का समय तय किया गया है और भुगतान के लिये अधिकतम दस सेकेंड का समय निर्धारित है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिये सत्ताईस मई को परीक्षा आयोजित करेगा पटना मुजफ्फरपुर और गया में परीक्षा केंद्र बनाया गया है इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चालक सिपाही के सात सौ और अग्निशमन सेवा के नौ सौ उनहत्तर चालक पदों पर नियुक्ति होगी चालक सिपाही के लिये लिखित परीक्षा होगी लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को सिर्फ उत्तीर्ण होना होगा इस परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को शारीरिक और वाहन चलाने की परीक्षा देनी होगी इधर दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में ग्यारह और बारह अप्रैल को क्लर्क और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गयी है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों में खुले में शौच से मुक्ति को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आये स्वच्छाग्रही न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि शौचालय निर्माण के लिए गड्ढ़ा खोदो अभियान में श्रमदान भी कर रहे हैं स्वच्छाग्रही ग्रामीण अंचलों में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के महत्व के विषय में जानकारियां दे रहे हैं इधर मोतिहारी में दस अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन भी साफ सफाई के काम में जुट गयी हैं वहीं आज कटिहार जिले के मनिहारी स्थित गंगा घाट से स्वच्छाग्रहियों की पदयात्रा निकाली जा रही है जनता दल यूनाईटेड ने कर्नाटक विधान सभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक में पच्चीस से तीस सीटों पर जद्य अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ग्यारह अप्रैल को बेंगलुरू का दौरा तय किया गया है इस दौरान वह जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के घर पर बमबारी के मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी बाबर को गिरफ्तार कर लिया है

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कालबैसाखी के प्रभाव के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुयी है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राजधानी पटना सहित प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में आंधी पानी की आशंका है कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश भी होगी इधर राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही घने बादल छाये हुये हैं और तेज पूर्वा हवा चल रही है वहीं तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है हर वर्ष सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर ये दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जानकारी और जागरूकता का प्रसार करना है इस वर्ष का विषय है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवच सबके लिए हर जगह इस दिन विश्वभर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों की जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी और जीवनशैली को बेहतर बनाने का प्रयास किये जाते हैं पूर्णिया में खेली जा रही आठवीं राज्य जूनियर बालक हॉकी चैंपियनशिप में ब्यॉज स्पोर्ट्स एकेदमी दानापुर भोजपुर और रोहतास की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है लीग मुकाबले में भोजपुर ने भागलपुर को चार शून्य से दानापुर ने मुजफ्फरपुर को सात शून्य से पराजित किया वहीं रोहतास को बक्सर के खिलाफ वॉक ओवर मिला मुजफ्फरपुर में पंद्रह अप्रैल से राज्य बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा इस चैंपियनशिप में राज्य के दो सौ खिलाड़ी भाग लेंगे

सब जूनियर बालक वर्ग में बक्सर के विक्रमजीत ने खिताब पर कब्जा जमाया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सूर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना में सबसे पहले बेली रोड रूट पर दौड़ेगी मेट्रो दैनिक भास्कर की सुर्खी है कैबिनेट का फैसला सभी वर्ग की लड़कियों को मिलेगा लाभ बीपीएससी बीएसएससी की परीक्षा फीस में छात्राओं को पचहत्तर प्रतिशत तक छूट प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है रोहतासगढ़ किला व मुंडेश्वरी धाम में लगेगा रोप वे दैनिक जागरण ने अभिनेता सलमान खान की जमानत को शीर्षक बनाते हुये लिखा है सलमान के जज का तबादला लटक सकती है जमानत

पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ओली आज करेंगे भारत नेपाल पाईपलाईन की शुरूआत